एक अपील में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर एक वर्ग राज्य के लोगो को गुमराह करने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऐसा कुछ भी नही करेंगे जो जनता के हितों के विरुद्ध हो श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान तलाशनें को तैयार है श्री सोनोवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य की स्थिति की जानकारी देने के लिए जल्दी ही प्रधानमंत्री और केद्रीय गृहमंत्री से भेंट करेगा इस बीच स्थिति में सुधार को देखते हुए गुवाहाटी और डिब्रगढ़ में आज दिन के कर्फ्यू में ढील दी गई है डिब्रगढ़ हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं भी बहाल हो गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय फंसे पड़े यात्रियों के लिए आज से पांच दिन तक गुवाहाटी रेलवें स्टेशन पर दिन और रात का भोजन अक्षयपात्र की सहायता से उपलब्ध कराएगा कम दूरी के लगभग पैतीस रेलगाड़ियों को आज रद्द किया गया प्रर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बारह दिसंबर से चार विशेष रेलगाड़िया चलाकर लगभग दो हजार चार सौ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुचनें में मदद की है परिवहन विभाग ने फंसे यात्रियों के लिए गुवाहाटी शहर में अतिरिक्त बसें लगाई है मेघालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध कई दिनों के विरोध प्रदर्शनी के बाद राजधानी शिलांग में जन जीवन सामान्य हो रहा है कड़ी ठण्ड के बीच लोगों को गिरिजाघरों और रोजमर्रा के कामों के लिए जाते हुए देखा जा रहा है शिलांग में कर्फ्यू में आज सुबह छह बजे से तेरह घंटे की ढील दी गई कुछ छिटपुट घटनाओ को छोड़कर शहर के किसी भी भाग से किसी अप्रिय घटना की खबर नही है राज्य सरकार इनर लाइन परमिट के बारे में प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की

यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार ये प्रणाली यूचारु रुप से काम कर रही है कल सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर पचीस प्रतिशत फास्टैग लैन को प्रायोगिक आधार पर एक महीने के लिए हाईब्रिड लेन में बदलने की घोषणा की थी हाईब्रिड लेन में फास्टैग और अन्य माध्यमों से भूगतान किया जा सकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी श्री मोदी ने अपने एक टवीट में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी सरदार पटेल का निधन पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ पचास को हुआ था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है सरदार पटेल की पूण्यतिथि पर गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायड्र ने युवाओ से जाति पात और भेदभाव को समाप्त करने में योगदान की अपील की उन्होंने कहा कि पटेल जी के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है

एन सी सी के कैडेट स्वच्छ भारत अभियान और अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते है इस महीनें एक दिसम्बर से पंद्रह दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़े में देश भर के एन सी सी कैडेटंस ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और लोगो को फिट रहने के साथ साथ आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए जागरुक किया देश की राजधानी दिल्ली में एन सी सी के तेरह हजार से ज्यादा कैडेट स्वच्छता अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे है अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाको में एन सी सी कैडेट्स ने प्लॉग इन रन में हिस्सा लिया

विभाग के अनुसार इससे आयकर सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आसानी से मिल सकेगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डीटी ने इस साल सितंबर को जारी आदेश में पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम समय सीमा तीस सितंबर से बढ़ाकर इकत्तीस दिसंबर कर दी थी पैन को आधार के साथ ऑनलाइन जोड़ने के लिए आयकर दाता को आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा आयकर विभाग ने पेन और आधार को जोड़ने के लिए एस एम एस आधारित सुविधा भी दी है आधार नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की और से भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है वही दस अंकों वाला पैन नंबर आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है